केन्द्र सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की सभी कृषि योजनाओं को अप्रैल महीने में ही स्वीकृति दे देगी इसके लिए राशि कोन्द्र इसी महीने राज्य को भेज देगा केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह और प्रदेश के कृषि मंत्री प्रेम कुमार के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में केन्द्र और राज्य सरकार के वरीय अधिकारी भी मौजूद थे कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि अप्रैल महीने में ही योजनाओं की स्वीकृति मिल जाने से समय पर इनका लाभ किसानों को मिल सकेगा राज्य के एक लोकसभा और दो विधानसभा क्षेत्रों में ग्यारह मार्च को हो रहे उपचुनाव में प्रदेश से बाहर सैन्य सहित अन्य केन्द्रीय सेवाओं में नौकारी कर रहे वोटरों को पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर्स ईटीपीबीएस के जरिये मतदान की सुविधा मिलेगी निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट के पुराने तरीके में बदलाव करते हुये अब इसे इंटरनेट के जरिये सर्विस वोटरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की है निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि सर्विस वोटर्स इस पर अपना मत अंकित करके पहले की तरह डाक से भेंजेगे डाक व्यवस्था का खर्च मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर वहन किया जायेगा वोटर्स तय प्रक्रिया के तहत मतपत्र इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं गौरतलब है कि अररिया लोकसभा क्षेत्र में सर्विस वोटरों की संख्या चार सौ छियासठ है जबकि भभुआ विधानसभा क्षेत्र में चार सौ पन्द्रह और जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में सर्विस वोटरों की संख्या आठ सौ अड़तालीस है निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिलों के जिलापदाधिकारी सह जिलानिर्वाचन पदाधिकारी को नई व्यवस्था का अनुपालन करने का निर्देश दिया है इंटर की परीक्षा की उत्तर प्रस्तिकाओं का मूल्यांकन कल से शुरू होगा जबकि मैट्रिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन तेरह मार्च से शुरू होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इस महीने के अंत तक मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया जायेगा इंटर की कॉपी जांच के लिए प्रदेशभर में इक्यासी केन्द्र बनाये गये हैं जबकि मैट्रिक उत्तर पुस्तिकाओं के लिए एक सौ एक केन्द्र बनाये जायेंगे सभी मूल्यांकन केन्द्रों के दो सौ मीटर क्षेत्रों में धारा एक सौ चौवालीस लागू रहेगी सीसीटीवी कैमरे से परीक्षक और सह परीक्षक पर नजर रखी जायेगी मूल्यांकन केन्द्रों के बाहर पुलिस बल को तैनात किया जायेगा जिलाशिक्षा पदाधिकारी कॉपियों की जांच पर नजर रखेंगे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा कल से शुरू हो रही है इसके लिए बिहार और झारखंड में पांच सौ से अधिक परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं दोनों बोर्डो को मिलाकर सत्तर हजार से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होगें कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये हैं सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक केके चौधरी ने बताया कि गम्भीर रूप से बीमार और द्र्घटना के शिकार परीक्षार्थियों को विशेष सुविधा दी जायेगी इसकी जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्र के प्राचार्यो को दी गयी है राज्य के सभी ढ़ाई हजार पेट्रोल पम्पों पर जल्द ही प्रदूषण जांच केन्द्र खोले जायेंगे पहले चरण में राज्य के सभी शहरी इलाकों में स्थित पेट्रोल पम्पों पर एक महीने के अन्दर प्रदूषण जांच केन्द्र खोलने का निर्देश दिया गया है प्रदूषण जांच केन्द्रों के लिए लाईसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाये रखने के लिए राज्य परिवहन आयुक्त इसकी निगरानी करेंगे गौरतलब है कि शहरों में वाहनों के कारण बढ़ते प्रद्षण को नियंत्रित करने के लिए पेट्रोल पम्पों पर प्रद्षण जांच केन्द्र स्थापित करने का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है सरकार ने अप्रैल महीने से नीरा उत्पादन का काम सभी जिलों में शुरू करने का निर्णय लिया है इसके लिए जीविका के तहत उत्पादक समूहों का गठन किया जायेगा सूत्रों ने बताया कि सरकार नीरा को स्थानीय स्तर पर बेचने और इससे गुड़ बनाने पर जोर देगी गौरतलब है कि सरकार राज्य द्रग्ध उत्पादक परिसंघ कम्फेड के जरिये हाजीपुर नालंदा भागलपुर और गया में नीरा प्रसंस्करण संयंत्र लगा रही है कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के रूइया गांव में होली के मौके पर दो पक्षों के बीच हुई झड़प के मामले में पुलिस ने चौवालीस लोगों को गिरफ्तार किया है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय प्रसाद ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इस संबंध में एक सौ पचास लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है गांव में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गयी है वहीं समस्तीपुर जिला पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी कर दो अपराधियों को गिरफ्तार कर भारी संख्या में हथियार बरामद किये हैं गिरफ्तार अपराधियों के पास से तीन पिस्तौल ग्यारह कारतूस दो मैगजीन पांच मोबाइल फोन और एक कार जब्त की गई है राजधानी पटना समेत राज्यभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी भी बढ़ने लगी है मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में सोमवार को धूलभरी आंधी चलने की संभावना है आसमान में बादल छाये रहेंगे

आंधी के कारण छह मार्च को तापमान में गिरावट आने की संभावना है पुलिस महानिदेशक केएस द्विवेदी ने कहा है कि पुलिस को आधुनिक सुविधा और संसाधनों से लेस किया जायेगा उन्होंने पटना में कहा कि अपराध नियंत्रण अनुसंधान विधि व्यवस्था में सुधार और शराबबंदी कानून को लेकर पुलिस को स्मार्ट बनाया जायेगा श्री द्विवेदी ने कहा कि जनता का विश्वास और भरोसा हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा पटना गया रेलखंड पर गया जंक्शन के पास मालगाड़ी के एक डिब्बे के पटरी से उतर जाने के कारण इस रेलखंड पर रेल परिचालन बाधित हो गया है बताया जा रहा है कि कोयला लदे मालगाड़ी के गया जंक्शन से पटना की ओर प्रस्थान करने के कुछ ही देर बाद यह हादसा हुआ रेलवे प्रशासन परिचालन नियमित करने की कोशिश में जुटा है भागलपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए हादसों में एक वृद्ध समेत तीन लोगों की मौत हो गई है पश्चिम चम्पारण जिले के बगहा में भीतहा प्रखंड के झखनही गांव में अगलगी की घटना में दर्जनों घर जल कर राख हो गये ग्रामीणों के सहयोग से अग्निशमन दस्ते ने आग पर काबू पा लिया मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले की सीमा पर स्थित बासोकुण्ड गांव में जैन मंदिर से अज्ञात चोरों ने पचास लाख रूपये से अधिक की मूर्तियां चुरा ली एसएसपी विवेक कुमार के निर्देश पर एक टीम बनाकर चोरों की धड़ पकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है अन्तर जिला हेमन ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता ग्यारह मार्च से शुरू होगी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने डीविजन ए और डीविजन बी के मैचों के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिये हैं साइक्लिंग एसोसिएशन बिहार द्वारा आयोजित प्रथम रोड साईक्लिंग प्रतियोगिता में भोला कुमार ने अन्डर सिक्सटीन मोहम्मद एजाजुल हक ने अन्डर नाईनटीन और अविनाश कुमार ने सीनियर प्रोफेशनल राईडर वर्ग में खिताब पर कब्जा जमाया है पटना स्थित मोईनुलहक स्टेडियम को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को सौंपे जाने पर फुटबॉल संघ ने नाराजगी जताई है बिहार फुटबॉल संघ के सचिव ने कहा कि स्टेडियम को किसी एक खेल के लिए सौंप देना अन्य खेलों के साथ अन्याय है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने पूर्वोत्तर के राज्यों त्रिपुरा मेघालय और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की जीत को अपनी प्रमुख सुर्खी बनया है अखबारों ने इस खबर का अलग अलग और आर्कषक शीर्षक लगाया है दैनिक भास्कर ने इस खबर का शीर्षक बनाया है पूर्व का उत्तर राम राम प्रभात खबर ने लिखा है त्रिपुरा में ढ़हा लाल दुर्ग पहली बार भाजपा सरकार दैनिक जागरण ने लिखा है पूर्वोत्तर में लहराया भगवा अखबारों ने इन खबरों के साथ आकर्षक तस्वीर भी लगायी हैं चुनाव परिणाम से जुड़े आंकड़ों को भी प्रमुखता मिली है दैनिक भास्कर ने एक अन्य खबर का शीर्षक लगाया है राज्य के सभी ढ़ाई हजार पेट्रोल पम्पों पर जल्द खुलेंगे प्रदूषण जांच केन्द्र प्रभात खबर ने लिखा है दाह संस्कार से लौट रहे पांच लोगों की मौत जागरण ने मौसम के बदलते मिजाज से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है मार्च से मई तक पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हिन्दुस्तान ने अपनी प्रमुख खबर का शीर्षक लगाया है शराबियों का वीडियो बनाने में दो की हत्या